मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने कृषि किसान कल्याण और ग्राम्य विकास से जुड़े काया के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखंड और बिंध्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हर घर नल परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जाये उन्होंने खुले बोरवेल को सुनिश्चित बनाने की कार्रवाइ के लिये कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई गोबर धन योजना को राज्य में लागू करने के लिये परियोजनाएं तैयार की जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रभावी कार्यवाई निरन्तर जारी रखी जाये उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिला सेवा योजना अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी और सूनिश्चित किया जाये

उन्होंने कहा कि जनपद लखनऊ कानपुर नगर मेरठ आगरा और वाराणसी पर विशेष ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी मेडिकल कॉलेजों में संबंधित मंडलायुक्तों और जिलाधिकारी आवश्यक बैठक करे तथा विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड वार्ड में नियमित राउंड ले

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर स्तर पर सावधानी बरती जाये और इसके लिये लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाये प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपी पीसीएल के अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा है कि वे आगामी गर्मियों को देखते हुए यह सुनिश्चित कराले कि प्रदेश में कही भी ट्रिपिंग न हो उन्होंने कहा कि इसके लिये जो भी आधारभूत सुविधाएं या तकनीकी आवश्यकताएं हो उन्हें समय से पूरा कर लिया जाये श्री शर्मा आज लखनऊ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि यूपी पीसीएल अध्यक्ष डिस्काम्स के सभी प्रबंध निदेशक और निदेशक क्षेत्रों में जाये और उप केन्द्रों की मानीटरिंग करे

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोर दिया है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं और देश को विकसित तथा सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये काम करें कल नई दिल्ली में पूलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया श्री शाह ने आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के हालात से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के महत्व को भी उजागर किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी बाद म वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने पिछले सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हैं श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है

पराक्रम के दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है उन शहीदों वीर नारियों और बच्चों जिन्हें वो पीछे छोड़ गये हैं या वो सैनिक जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जख्मी हुए हैं उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्वै बनता है इस वर्ष पूरे दिसम्बुर माह को केन्द्र राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा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

राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं कोरोना सैम्पल की जांच का कार्य लगातार जारी है और कल एक लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ पंनचानवे नमूनों की जांच की गई प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक एक करोड़ सत्तानवे लाख अट्ठासी हजार चार सौ सत्तानवे कोरोना नमूनों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में कोरोना से पांच लाख अट्ठारह हजार तीन सौ नब्बे कोरोना के मरीज ठीक हुए है और सात हजार आठ सौ अड़तालीस कोरोना रोगियों की पिछले नौ महीने में मौत हुई है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के नौ सौ सड़सठ नये मामले सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बाईस हजार नौ सौ नब्बे हो गई है उन्होंने बताया कि दस हजार आठ सौ छियालीस मरीज होम आइसोलेशन और दो हजार एक सौ चौबीस मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं श्री प्रसाद ने बताया कि होम आइसोलेशन के लिये अलग शौचालय और अलग कमरा होना जरूरी है अन्यथा परिजनों को स्वास्थ्य का जोखिम हो सकता है उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराये जहां कोरोना का सारा इलाज निःशुल्क होता है आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है

इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ स्थित दिव्यांग बच्चों के आशा स्कूल की छात्रा प्रिया कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी घोषित किया गया है सेना द्वारा संचालित आशा स्कूल की प्रधानाचार्य शर्मिष्ठा बसु ने आकाशवाणी को बताया कि प्रिया ने पिछले वर्ष आबू धाबी में हुए विशेष ओलंपिक में रोलर स्केटिंग खेल में दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया था

आज देर रात या कल तक परिणाम आने की संभावना है इस चुनाव में एक सौ निन्यानवे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा इन सभी सीटों पर इस महीने की पहली तारीख को मतदान हुआ था